इसमें लोगों को मन चाहे उत्पाद मिलने के साथ स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा बाजार

रिसाइक्लिंग फैसिलिटी प्लांट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज हरिद्वार जिले के सिडकुल में प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग फैसिलिटी प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत के सपने को मिशन के रूप में शुरू किया है उन्होंने कहा कि इस प्लांट की स्थापना स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम है प्रदेश में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट की स्थापना होने से सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में सहायता मिलेगी

उन्होंने आम लोगों से स्वच्छता में व्यक्तिगत तौर पर अपना योगदान देने का भी अनुरोध किया इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट की आधारशिला रखने पर बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र में पंचायती राज का बड़ा योगदान है सरस मेला रुद्रपुर में कल शाम को सरस मेले का शुभारम्भ हो गया इसका उद्घाटन करते हुए कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला ने कहा कि इस राष्ट्रीय सरस मेले में जिला और प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के भी स्टॉल लगाये गये हैं प्रदर्शनी में जहां लोगों को मनचाहा उत्पाद उपलब्ध होगा वहीं स्वयं सहायता समूहों को बाजार भी मिलेगा मंडलायुक्त ने कहा कि कुमांऊ की संस्कृति और रिति रिवाजों से लोग रूबरू हों इसके लिए कुमाऊं के सभी जिलों में कार्निवाल का आयोजन कराया जा रहा है सरस मेले के साथ ही ऊधमसिंह नगर कार्नीवाल का भी आयोजन किया गया है इसका उद्घाटन विधायक राजकुमार ठकुराल जिलाधिकारी नीरज खैरवाल और मेयर रामपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया

मेले में भाग लेने वाले राज्यों में जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश बिहार हिमांचल प्रदेश गुजरात पश्चिम बंगाल हरियाणा पंजाब राजस्थान कर्नाटक उत्तर प्रदेश नागालैण्ड असम और छत्तीसगढ शामिल हैं रासायनिक आपदा मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा हरिद्वार जिले में औद्योगिक आपदाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए रासायनिक आपदा के बारे में मॉक अभ्यास किया जा रहा है जिलाधिकारी सी रविशंकर और एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने अभ्यास से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की इस दौरान जिलाधिकारी ने अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी कर्मचारियों के बीच आपसी समन्वय और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पर जोर दिया

लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में देहरादून ऋषिकेश विकास नगर डोईवाला और चकराता के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम सिविल पारिवारिक और चेक बाउंस के मामले और अन्य आपराधिक मामले लगाए गये जिनमें समझौता किया जा सकता था

संत रविदास जयंती मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी ने समाज की बुराईयों को दूर करने के लिए कार्य किया उनके द्वारा कुरीतियों को खत्म करने के लिए किये गए प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक हैं सन्त रविदास जयन्ती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में भी आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मरण करते हुए भावभीनी श्रद्वाजंलि अर्पित की

सम्मेलन में अल्मोड़ा सोमेश्वर और जागेश्वर विधानसभाओं से जिला पंचायत सदस्य बीडीसी ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों ने भाग लिया सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने युवा जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं योजनाओं को घर घर ले जाने की बात कही

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिये

इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है

इस अभियान के लिए राज्यों की जोड़ी केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बनाई गयी है इस दौरान देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्वांजलि दी जाएगी

रक्षा प्रदर्शनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक रक्षा उत्पादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन केंद्र बन जाएगा लखनऊ में प्रदर्शनी के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी देश को दुनिया में रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सफल रहेगी

वनिकी समझौता भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआरई देहरादून और अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संगठन आईयूएफआरओ वियना ऑस्ट्रिया के बीच एक दस वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए इसका उद्देश्य वैश्विक वन स्थिरता को प्राप्त करना है इस समझौता ज्ञापन से दोनों संगठन आपसी सहयोग से एक दूसरे की क्षमताओं का लाभ उठा सकेंगे वानिकी से संबन्धित दोनों संगठन विश्व स्तर पर सतत विकास हेतु वन और वानिकी के योगदान को बढ़ाने जैव विविधता संरक्षण जलवायु परिवर्तन की समस्या का मुकाबला करने और भूमि क्षरण की रोकथाम की दिशा में मिलकर काम करेंगे सायबर ठगी साइबर क्राइम के बारे में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी कुमाऊं क्षेत्र में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी के अपराधों को अंजाम दिया जा रह है यह शातिर ठग सोशल साइट्स पर लोगों की आईडी हैक कर उनको अपनी ठगी का शिकार बना रहे है अब तक कई ऐसे मामले सामने आये हैं सोशल साइट्स से ठगी करने के इस नए तरीके ने पुलिस को भी परेशान किया हुआ है और अब तक साइबर ठग उनके हत्थे नहीं चढ़े